मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सराज मंडल मिलन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो अब तक उपक्षित रहे है

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उदारता के कारण संभव हो पाया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमपात के दौरान लाहौल स्पिति में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडल मिलन कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि राज्य सरकार व पार्टी के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र को राज्य के आदर्श निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने खेलों के माध्यम से युवाओं को दिशा देने की जरूरत बताई है वे आज कुटलैहड निर्वाचन क्षेत्र की बुढवार पंचायत में नेहरू युवक मंडल द्वारा आयोजित खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे वीरेन्द्र कंवर ने युवाओं से देश व समाज के लिए कार्य करने और अपनी उर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का आहवान किया उन्होंने का कि इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक खेल मैदान बनाए जाएंगे

जोगिन्द्रनगर के विधानसभा क्षेत्र के पंडोल में अरला लाहला मतेहड़ पेयजल योजना के सुधारीकरण की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी

रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिए अब तक एक अरब पांच करोड़ की रूपए की राशि स्वीकृत करवाई गई है

सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि पांच सौ से अधिक रोजगार अवसरों का सुजन कर मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिवाली का तोहफा दिया है इसके अलावा पंचायत सहायकों को पंचायत सचिव में तबदील कर उनके वेतन में वृद्धि करना और पंचायत सचिवों के तीन सौ पद स्वीकृत कर पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया है सतपाल सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री निरोग योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगी